मुख्यमंत्री ने यह लाभ उन व्यक्तियों को भी देने का निर्देश दिया है जो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आते मुख्यमंत्री ने राज्य में सामुदायिक रसोई चालू करने पर विशेष बल दिया उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में प्रदेशभर में लागू पूर्णबंदी की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि चिकित्सकों पुलिसकर्मियों और सफाईकर्मियों पर हमलों को बर्दार्त नहीं किया जाएगा उन्होंने दोषियों के विरूद्व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका और महामारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपायी दोषियों की संपत्ति जब्त कर की जाए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की बीमारी छुपाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने बीस अप्रैल से राज्य में औद्योगिक इकाइयों निर्माण कार्यो तथा पेट्रोल पंप शुरू करने संबंधी कई फैसले किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हई उच्चस्तरीय बैठक में तय किया गया कि उन अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं श्रू की जाएगी जहां पर कोरोना वायरस से बचने के जरूरी इंतजाम होंगे और जहां सभी मेडिकल स्टाफ को कोरोना से बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त के साथ उन औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने की इजाजत देगी जो एक इंटीग्रेटिड कॉम्लेक्स में स्थित हैं इन इकाइयों के कर्मचारियों और अधिकारियों को लाने के लिए विशेष बसे चलाई जाएंगी प्रदेश में स्टैम्प और रजिस्ट्री का काम भी क्छ शर्तों के साथ शुरू होगा इसके साथ ही सभी एलपीजी पीएनजी पीएनजी आउटलेट और पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे हाइवे सड़क मेडिकल कॉलेज और दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में श्रू किया जाएगा

राज्य के अड़तालीस जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं अब तक उनहत्तर मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और तेरह लोगों की मृत्यु हुई है उधर बस्ती जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अठारह हो गये हैं रूधौली कस्बे में चार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद नगर पंचायत के दो मोहल्ले सील कर दिए गए हैं बस्ती नगर के तीन मोहल्ले भी सील हैं जिलाधिकारी आश्तोष निरंजन ने बताया कि इन सभी स्थानों पर व्यापक रूप से विषाणुनाशक तरल से छिड़काव किया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान लोगों को धनराशि निकालने के लिए एटीएम और बैंकों तक न जाना पड़े इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में डाकघरों के माध्यम से नकदी निकालने की सुविधा दी जा रही है वाराणसी में एक अप्रैल से अब तक तीन सौ चवालीस और चंदौली में छह सौ छब्बीस लोगों को करीब साढ़े चौदह लाख रूपये का भुगतान डाकिया द्वारा उनके घरों पर किया जा चुका है कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो वह अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर नकदी प्राप्त कर सकता है इसके लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है एक बार में अधिकतम दस हजार रूपये की ही निकासी की जा सकती है यह सुक्धा जौनपुर और गाजीपुर जिलों में भी उपलब्ध करायी जा रही है बलिया जिले में भी डाक विभाग चार सौ तेईस माइक्रो एटीएम के जरिये नकद निकासी की सुविधा दे रहा है झांसी जिले में भी डाक विभाग माइक्रो एटीएम के जरिए लोगों को उनके घरों पर धनराशि निकालने की सुविघा दे रहा है जिलाधिकारी आन्द्रा वाम्सी ने कहा कि इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है साथ ही उपभोक्ता को ओटीपी के लिए मोबाइल फोन भी साथ लाने की आवश्यकता होती है

प्रवेश परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी इसके अलावा एक मई से छह मई के बीच होने वाली निर्धारित विद्यालय प्रवेश परीक्षा को फिलहाल अगली तिथि की घोषणा तक टाल दिया गया है

इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पच्चीस रूपये है बलिया जिले में पचहत्तर क्रय केंद्रों पर किसानों से गेह ं खरीद का काम जारी है जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने आज मंडी समिति में खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारी को सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए खरीद करने का निर्देश दिया है